ये महत्वपूर्ण और सबसे जटिल प्रक्रिया आज देर रात एक से दो बजे के बीच की जाएगी

इसरों इस प्रक्रिया को पहली बार करने जा रहा है वैज्ञानिकों ने बताया कि लैंडर को चांद की सतह पर उतारने में उसकी गति धीमी करने और उसे संतुलित करने के लिए पांच थ्रस्टर लगाए गए हैं उतरने के लगभग चार घंटे बाद लैंडर विक्रम से रोवर प्रज्ञान अलग होगा रोवर चांद के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी भेजेगा अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने बताया है कि इस दौरान मानवीय नियंत्रण सही नहीं रह सकता क्योंकि धरती पर स्टेशन और चंद्रयान के संदेश भेजने के समय में अंतर रहेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात बेंगलूरु में इन गौरवशाली पलों के साक्षी बनेंगे उनके साथ देशभर के हाई स्कूल के लगभग सत्तर विद्यार्थी होंगे जिनका चयन चंद्र मिशन के बारे में राष्ट्रीय क्विज प्रतियोगिता से किया गया है

केंद्रीय विद्यायल के प्रद्यापक एम एस मीना ने अपने स्कूल की छात्रा का चयन होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है तेजस्विनी मीना केंद्रीय विद्यालय की कक्षा आठ की छात्रा है